हरियाणा प्लिस ने उत्तर प्रदेश के बहेड़ी क्षेत्र में छाप्रेमारी कर असला बनाने वाली एक अवैध फैक्ट्री से शिस्तौल बनाने का सामान बरामद किया है

हरियाणा के कई हिस्सों में बारिश होने से शीत लहर तेज़ हुई

बार बार हाथ धोना मास्क और दो गज की दूरी अभी भी है जरूरी कोरोना उचित व्यवहार का शालन करे यह हमारी सामाजिक जिम्मेदारी भी है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि तेज़ी से बढ़ रहे शहरीकरण को एक च्नौती के रू में नहीं बल्कि एक अवसर के रू में देखना चाहिए उन्होंने कहा कि ऐसा अवसार देश मे बेहतर संरचना के लिए एक मंच प्रदान कर सकता है जिससे जीवन या न में सुधर होगा श्री मोदी नई दिल्ली में में चालक रहित गहरे ग्रलाबी रंग की दिल्ली मैट्रो को झंडी दिखाने के बाद बोल रहे थे ये चालक रहित मैट्रो जनकप्री सश्चिम और वोटेनिकल गार्डन मैट्रो स्टेशनों को जोडेगी प्रधानमंत्री ने कहा कि ये सरकार शहरी रिदृश्य को भविष्य की जरूरतों के अनुसार विकसित करने के लिए चुनौतियों को अवसरों में बदलने के लिए प्रतिबद्ध है उन्होंने कहा कि सरकार ने स्थानीय मांगे स्थानीय मानकों को बढ़ावा देना मेक इन इडिया का विस्तार और आध्र्निक तकनीक के प्रयोग र बल दिया है श्री मोदी ने इस अवसर र एयर ोर्ट एक्सप्रेस लाइन र पूरी तरह से संचलित नैशनल कॉमन मोबलिटी कार्ड सेवा का भी श्रभारंभ किया इस कार्ड से यात्री देश के किसी भी हिस्से से जारी रूपे डेविट कार्ड से एयर ोर्ट एक्सप्रेस लाइन र यात्रा कर सकेंगे

सांसद धर्मबीर ने भिवानी में ये जानकारी देते हये बताया कि इन जिलों में भिवानी के अलावा महेन्द्रगढ़ दादरी झज्जर रेवाड़ी और ग्रूग्राम जिलें शामिल है उन्होंने कहा कि योजना के तहत त्र का सिचांई से खेतों में शानी शहूंचाया जायेंगा जिससे शानी की बर्बादी भी रूकेगी

देश के चार राज्यो आंध्रप्रदेश गुजरात ांजाब और आसाम मे आज से कोरोना वायरस की वैक्सीन का प्र्वाभ्यास किया जा रहा है इसका उद्देश्य कोविड वैक्सीन के टीकाकरण की अंतिम प्रक्रिया को बिल्कुल द्रस्त करने के लिए चुनौतियों की हचान करना और तैयार की गई योजना में आवश्यक रिवर्तन करना है केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि ये अभ्यास दो दिन तक चलेगा इससे आखिरी छोर तक क्रियाशीलता बढ़ेगी और कोविड की धरातल सतह तक प्रयोग का प्रता लगाया जा सकेगा इस दौरान की जा रही मौक ड्रिल में खंड और जिला स्तर र जांच और पुनः निरीक्षण शामिल किया गया है और इसकी रि ोर्ट केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ सांझी की जायेगी

श्री ोखिरीयाल ने हाल ही मे सूचित किया था कि सीबीएसई की प्रीक्षायें फरवरी के बाद होगी और ऑनलाइन नहीं होगी

हरियाणा प्लिस की सिरसा विशेष जांच दल शाखा ने उत्तर प्रदेश के बहेड़ी क्षेत्र में छाप्रेमारी करके असला बनाने वाली एक अवैध फैक्ट्री का श्ता लगाया है और भारीत मात्रा में औजार बरामद किये है

हरियाणा के रिवहन एवं खनन मंत्री श्री मूलचंद शर्मा ने आज फरीदाबाद में लगभग दो करोड़ रु ये की लागत से बल्लभगढ़ रजवाहे को क्का करने के काम की आधारशिला रखी इसके उ रांत उ स्थित लोगों को संबोधित करते हए उन्होंने कहा कि प्रदेश के हर क्षेत्र और हर वर्ग का समान विकास सुनिश्चित करने के लिए बिना किसी भेदभाव के विकास कार्य किए जा रहे हैं उन्होंने कहा कि बल्लभगढ़ रजवाहे की कंक्रीट लाइनिंग से साहूप्रा सुनपेड मलरेना सागरपुर होते हुए गांव प्याला तक के किसानों को लाभ होगा

हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष कुमारी सैलजा द्वारा ध्वजारोहन करने के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ हआ बाद में कुमारी सैलजा ने शार्टी नेताओं व कार्यकर्ताओं को सम्बोधित किया उन्होंने कहा कि देश की आज़ादी के साथ साथ कांग्रेस शार्टी की स्थाशना में हरियाणा प्रदेश का भी विशेष योगदान रहा है बल्लभगढ़ में इस अवसर प्रर कांग्रेसी नेता मनोज अग्रवाल के नेतृत्व में तिरंगा यात्रा निकाली गई हरियाणा में ठंड का प्रको जारी है मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में कही कही हल्की वर्षा हई है जिसके बाद शीतलहर तेज़ हो गई है

चंडीगढ़ करनाल और रोहतक में अधिकतम ता ामन भी सामान्य से एक डिग्री कम दर्ज किया गया है विभाग ने कल से एक जनवरी तक शीत लहर के तेज़ होने और घना कोहरा छाने की संभावना जताई है यूमनानगर जिले से हमारे संवाददाता ने कल रात एक घंटे तक कई इलाकों में हल्की से तेज़ बरसात होने की खबर दी है कृषि विशेषज्ञ ऊषा कंबोज ने कहा कि ये बारिश गेहूं व गन्ने की फसल के लिए लाभदायक है